आज स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंघी मुद्दों पर एक समग्र दृष्टि के साथ एकीकृत नीति अपना रही है उन्होंने कहा कि सरकार देश के द्र दराज के क्षेत्रों में एक मजबूत स्वास्थ्य ब्नियादी ढांचा तैयार करने पर ध्यान दे रही है

इसका उद्देश्य सही समय पर नेत्र संबंधी समस्याओं की जांच और उसका इलाज सु्निश्चित करना है इस अवसर पर श्री लिबांग ने कहा कि राज्य सरकार हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स में आई केयर सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है ताकि कोई नेत्र संबंधी जांच के अभाव में अंधेपन का शिकार न हो इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि पहले चरण में चांगलांग नामसाई और लोअर सुबनसिरी जिले में आई केयर मॉडल श्रु किया जाएगा जबकि द्रसरे चरण में अपर सियांग अपर स़बनसिरी क्रा दादी कामले कुरुंग कुमे पापुमपारे और राजधानी क्षेत्र ईटानगर में इसे लागू किया जाएगा

पिछले चौबीस घंटे में कोविड संक्रमण के दस हजार पांच सौ चौरासी नए मामले दर्ज किए और लगभग नौ हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हु इस दौरान कोविड महामारी से अद्रहत्तर रोगियों की मौत हुई इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से कोविड संक्रम का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है और सक्रिय मामलॉ की संख्या पांच है राज्यभर में कल कोविड जांच के लिए चार सौ पैसठ सैंपल एकत्र किए गए उधर ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त कार्यालय पासीघाट में कोविड टीकाकरण पर जागरुकता के लिए आज सामाजिक धार्मिक और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई इस बैठक में जिला उपायुक्त किन्नी सिंह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिखारियों ने लोगों के बीच कोविड टीकाकरण को लेकर विभिन्न आशंकाओं को दूर करने के लिए उन्हें जरुरी टिप्स दिए

टीका प्रभावी है और लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देते हुए टीका लगवाना चाहिए उन्होंने बताया कि कोविड की वैक्सीन लेते समय उन्हें हल्का सा दर्द महस्रस हुआ और इसके अलावा कोई और समस्या नहीं हुई

इस अवसर पर विधायक कालिंग मोयोंग निनोंग इरिंग सहित कई पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे इस सामुदायिक भवन का निर्माण रुन्ने एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसियेशन द्वारा प्रदान की गई पंद्रह लाख रुपये की लागत से की गई है इस मौके पर मॉडर्न ऑर्किटेक्ट अरुणाचल स्वर्गीय दायिंग इरिंग की प्रतिमा को गांव में लगाने का निर्णय लिया गया